राज्य में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के तीसरे चरण के चुनाव के लिये प्रचार चरम पर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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

उन्होंने सबसे पहले अहमदाबाद के जायडस बायोटेक पार्क में टीका विकसित करने की प्रक्रिया उसके परीक्षण और अंतिम वेक्सीन के वितरण के बारे में चर्चा की

जायडस कैडिला दूसरे चरण के परीक्षण के परिणाम अगले सप्ताह जारी कर सकता है प्रधानमंत्री इसके बाद हैदराबाद में भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड पहुंचे उन्होंने वहां के वैज्ञानिकों से मुलाकात की और टीके के उत्पादन तथा आपूर्ति के बारे में चर्चा की भारत बायोटेक कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण जारी है श्री मोदी इसके बाद पुणे पहुंचे और वहां उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा किया

राज्य सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है इससे पहले मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफेंस के जरिये प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर चिकित्सा सुविधाओं का लोकार्पण करते हुए जांच दर घटाने की बात कही थी

मुख्यमंत्री ने मथुरादास माथुर अस्पताल जोधपुर में अत्याध्रनिक कैंसर उपचार वार्ड तथा अन्य चिंकित्सा सुविधाओं का लोकार्पण किया उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की अधिकाधिक जांच और समुचित इलाज के लिए पूरे राजस्थान में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया गया है और अब हर जिले में आरटी पीसीआर जांच की सुविंधा उपलब्ध है उन्होंने कहा कि लोगों को बीमारी को छिपाने की बजाय समय पर जांच और इलाज करवाना चाहिए उन्होंने कहा कि लोग संकमण से बचने के लिये मास्क के साथ सोशल डिस्टेन्सिंग को अपनाएं विधानसभा अध्यक्ष डॉ सी पी जोशी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हर जिले में जांच सुविधा होने से आम लोगों को फायदा होगा उन्होंने दूर दराज के क्षेत्रों में स्थापित स्वास्थ्य केन्द्रों को टेलीमेडिसिन के माध्यम से मेडिकल कॉलेज से जोडने का सुझाव दिया

इसी निर्णय के तहत शहर के बाजार आज बंद हैं और व्यापारी वर्ग ने भी प्रशासन के इस निर्णय को पूरा समर्थन दिया है अलवर व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष प्रमोद विजयवर्गीय ने कहा कि इस फैसले से संकमण को रोकने में मदद मिलेगी टोंक में भी जिला प्रशासन ने रविवार को बाजार बंद रखने का निर्णय लिया है इस बीच प्रदेश में कोरोना संकमण रोकने के लिये चलाये जा रहे जागरूकता अभियान के तहत हनुमानगढ़ जिले में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने विवाह समारोहों में कोरोना पर गाइडलाइन की पालना करने के संकल्प पत्र भरवाये हैं

कल शाम पांच बजे चुनाव प्रचार थम जायेगा प्रत्याशियों ने मतदाताओं को रिझाने के लिये प्री ताकत झोंक दी है कांग्रेस तथा भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने आज विभिन्न स्थानों पर अपने पार्टी प्रत्याशियों के लिये प्रचार किया

एक टवीट संदेश में श्री जावडेकर ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपना प्ररा जीवन समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों को दूर करने और महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक द्वीट संदेश में कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले के महिलाओ के संशक्तिकरण और वंचितों के उत्थान के लिए किए गए कार्य हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे